प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगे वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर एक वेबीनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बिल्कु ल स्पष्ट है बाइट सरकार इस बात को मानती है कि हर विदेश सफल हो और जैसा चाहे वैसा ही परिणाम दें ये संभव नहीं है ऐसे में सही नियत के साथ लिए गए फैसलों के साथ खड़े होना सरकार का दायित्व है और ये हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और मैं फाइनेन्शियल सेक्टर के सब लोगों को कहना चाहता हूं सही नियत से सही इरादे से किए गए काम आपके साथ खड़ा रहने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास पारदर्शिता और भरोसा वित्तीय क्षेत्र के आधार हैं श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैकिंग और गैर बैकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं बाइट बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर के पुराने तौर तरीकों और पुरानी व्यवस्थाओं को स्वाभाविक से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और बदलना हम लोगों के लिए भी अनिवार्य हो चुका है दस बारह साल पहले एग्रेसिव लैंडगिय नाम पर कैसे देश के बैंकिंग सेक्टर को फायनेन्शियल सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं नॉन ट्रांसप्रांट क्रेडिट कल्वर से देश को बाहर निकालने के लिए एक के बाद एक उठाए गए हैं प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए वित्त से सम्बद्ध निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में टेस्टिंग कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका है इसे ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किये जाये उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में प्रतिदिन सवा लाख से कम टेस्ट न हो उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए प्रदेश में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिर कहा है कि केन्द्रीय बंक ने अगले वर्ष के लिए देश की विकास दर साढ दस प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि पूंजी प्रवाह लगातार पर्याप्त बना रहेगा और बैंक उचित समय पर इसे उपलब्ध कराता रहेगा श्री शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि केन्द्रीय बैंक यह देखेगा कि उधार कायक्रम व्यवस्थित तरीके से चले केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सोशल मीडिया ओ टी टी प्लेटफार्म और डिजिटल मीडिया के लिए नये दिशा निर्देशों से मीडिया के सभी क्षेत्रों के बीच एकरूपता आएगी सरकार द्वारा कल अधिसूचित इन दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण होगा और उनके लिए पहली बार शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित किया जा सकेगा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

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई

उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हवाई अड्डे के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ढाई सौ करोड़ रूपये की धनराशि के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद ज्ञापित किया बाइट मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या में अतंरष्ट्रीय पर्यटन को भी विकसित करने के लिये वहां पर ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के रियल स्टेट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है एयरपोर्ट के निर्माण के लिये लगभग एक हजार करोड़ रूपये की राशि प्रदेश सरकार ने भूमि क्रय करने के लिये जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है

भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन दिया है एयरपोर्ट के विस्तार की कार्रवाई इसके साथ ही चलती रहेगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था

रविवार को मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरन्त बाद उसका उर्दू अनुवाद भी आकाशवाणी लखनऊ द्वारा प्रसारित किया जायेगा प्रसारण का उर्दू अनुवाद आगे से प्रतिमाह जारी रहेगा

उत्तर प्रदेश में मेरठ से अनेक खिलौना विनिर्माता इस मेले में अपने सुन्दर और स्मार्ट तथा बच्चों के लिए सुरक्षित खिलौनों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट अपने खेल से जुड़े साजो सामान के लिए दुनिया भर में मशहूर मेरठ शहर अब वर्चुअल खिलौना मेले के लिए तैयारियों में जुटा है यहां की स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में खूबसूरत लकड़ी के और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाए जाते हैं जो काफी लोकप्रिय हैं

मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमा पर लेह में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए मऊ जनपद निवासी सेना के जवान गणेश यादव के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है मुख्यमंत्री ने वीर शहीद के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरत अली के जन्म दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत अली ने आपसी सदभाव और आपसी समरसता का जो संदेश दिया वह सभी के लिय प्रेरणा परक है और उनकी सभी शिक्षाएं पूरी तरह प्रासंगिक है प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

समाप्त